सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत

लड़कियों ने फिर बाजी मारी प्रदेश में गौरांगी चावला ने किया टॉप

देशभर में सभी पार्टियों के नेता रैलियों को सम्बोधित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो साठ वर्ष की उम्र पूरी करने वाले सभी किसानों कृषि श्रमिकों छोटे कारोबारियों को छह हजार रूपये पेंशन दी जायेगी भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार ने गरीबों की तरक्की के लिए बहुत काम किया है उधर झारखंड के सिमडेगा में एक चुनावी रैली को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी से लोगों की क्रय शक्ति समाप्ता हो गई थी और लोग बेरोजगार हो गये थे उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो न्याय योजना से गरीबों को सीधे पैसा मिलेगा इस बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में भाजपा और कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश में गठबंधन के वोट काटने का आरोप लगाया

जिसमें एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है

गौरांगी चावला ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है

जिनमें देहरादून के ओक ग्रोव स्कूल के पीयूष कुमार झा और नैनीताल के ए वी इंस्टीट्यूट की श्रेया पाण्डे भी शामिल हैं

स्लग वनाग्नि कार्यशाला गर्मी के मौसम में जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए उत्तरकाशी में कार्यशाला का आयोजन किया गया आपदा प्रबंधन और वन विभाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में आपदा प्रबंधन एसडीआरएफ पुलिस आईटीबीपी फायर वन राजस्व आदि विभागों ने प्रतिभाग किया इस कार्यशाला में प्रभागीय वनाधिकारी ने वनाग्नि की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि सही उपकरणों और संसाधनों के जरिए वनाग्नि पर काबू पाया जा सकता है कार्यशाला में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए विभागों में आपसी समवन्य होना जरूरी है उन्होंने ग्रामीणों को भी वनाग्नि के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि वनाग्नि की सूचना देने के लिए जिला मुख्यालय और तहसील स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किये गए हैं

स्लग मानसून सत्र बागेश्वर जिले में पिंडर घाटी के दुर्गम क्षेत्रों में बरसात के मौसम से पहले जिला प्रशासन ने छह महीने के लिए खाद्य सामग्री पहुंचानी शुरू कर दी है मानसून सत्र की तैयारी बैठक में जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने सभी विभागों को मॉनसून से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए प्रशासन ने किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए तहसील और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए हैं जिलाधिकारी ने आपदा की स्थिति में इन कंट्रोल रूम में तुरंत सूचना देने के निर्देश दिये हैं बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि पिंडर घाटी के दर्गम क्षेत्रों में राशन का स्टॉक भेजने की व्यवस्था पूरी की जा चुकी है गौरतलब है कि आपदा की दृष्टि से बागेश्वर जिला काफी संवेदनशील है

स्लग मौसम प्रदेश में आज भी मौसम की आंख मिचौली जारी रही कई जिलों में आज बारिश हुई बागेश्वर जिले के कौसानी गरुड़ कपकोट कांडा में सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी वहीं पिंडर घाटी क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की भी खबर है अल्मोड़ा में भी बारिश हुई चम्पावत जिले में कल देर रात और सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई नैनीताल में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई उधर देहरादून और टिहरी जिले समेत गढ़वाल के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई चमोली जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कल से बारिश और ओलावृष्टि हो रही है बदरीनाथ धाम में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है जिससे यात्रा व्यवस्थाओं में जुटे कर्मचारियों को दिक्कत हो रही है बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉ हरीश गौड़ का कहना है कि बदरीनाथ में हल्की बर्फबारी हुई है लेकिन यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियां जारी है रुक रुक कर हो रही बारिश से गेहूं और दलहनी फसलों की कटाई का कार्य प्रभावित हो रहा है बारिश से गेहूं की फसल खराब होने की संभावना तेज हो गई है किसानों ने बताया कि खेतों में गेहूं कटा है बारिश होने से उसे ढकना पड़ रहा है

हालांकि आलू और साग सब्जी के लिए बारिश लाभदायक बताई जा रही है वहीं कल शाम राजधानी देहरादून में धूल भरी आंधी चलने से लोगों को काफी परेशानी हुई आंधी के कारण यातायात बाधित हुआ और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई

उन्होंने अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के चेकअप डिलीवरी की सुविधाओं और बीमार शिशुओं की देखभाल के संबंध में जानकारी ली इस दौरान सीएमएस डॉ शिखा जंगपागी ने बताया कि जिला महिला अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं से जच्चा बच्चा की देखरेख की जा रही है इससे डिलीवरी के दौरान होने वाली जच्या बच्चा की मृत्यु दर में कमी आई है उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की देखभाल के बारे में तीमारदारों को विस्तार से बताया जाता है सीएमएस ने अमेरिकी राजदूत को महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य योजनाओं की भी जानकारी दी

इसके तहत आज जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के नेतृत्व में गोपेश्वर से चमोली तक स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसमें नगरपालिका एनसीसी एनएसएस और स्कूली बच्चे भी शामिल हुए इस दौरान सड़कों के किनारों और नालियों से कूड़ा उठाया गया जिलाधिकारी ने कहा कि यह प्रयास रहेगा कि श्री बद्रीनाथ यात्रा पर आने वाला हर यात्री यहां से एक अच्छा संदेश लेकर जाए

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने एक बैठक में वन विभाग पश् चिकित्सा विभाग और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को इस मामले में आपस में समन्वय स्थापित कर एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि बन्दरों के बधियाकरण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पश् चिकित्सा विभाग द्वारा की जाएंगी

इसके बाद उन्हें दूर जंगल में छोड़ने की कार्रवाई भी की जायेगी जिलाधिकारी ने आवारा कुत्तों के बधियाकरण के लिए भी एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं प्रतिदिन पांच से छह कत्तों का बधियाकरण किया जायेगा क्षेत्र में बंदरों और आवारा कत्तों के बढ़ते आतंक से लोगों को निजात दिलाने के लिए यह फैसला लिया गया है स्लग बागेश्वर बस बागेश्वर जिले के भीड़ी गांव में पहली बार केएमओयू ने बस सेवा शुरू की है गांव में बस पहुंचने की खुशी में ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटी

लोग एक ही दिन में जिला मुख्यालय से लौट फेर कर सकते हैं